किसानों के कर्ज माफ किए जाने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ऋण की समस्या का यह आदर्श समाधान नहीं है कल एक समाचार एजेंसी के साथ भेंटवार्ता में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसानों के जीवन में सुधार के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है किसान को मजबूत बनाना बीज से लेकर बाजार तक सारी व्यवस्थाओं को सुविधा देना हमें ये स्थिति बनानी चाहिए कि उसको कर्ज हो नहीं हम स्वायल हेल्थ कार्ड दिया किसान की लागत कम हुई

और इसलिए ये सब चुनावी स्टंट किये जा रहे हैं फिर भी अगर राज्य सरकारें करती हैं इस समस्या का समाधान दूर करने के लिए भारत सरकार कमेटिड है

प्रधानमंत्री ने कहा कि नीरव मोदी विजय माल्या और मेहुल चोकसी जैसे आर्थिक अपराधी सरकार की कड़ी नीतियों से घबराकर विदेश भाग गये है लेकिन उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना ही पड़ेगा उन्होंने कहा कि एक कांग्रेस कार्यकर्ता का अगुस्ता वेस्टलैंड हेलिकाप्टर सौदे के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल का वकील बनना चिंता की बात है उन्हॉने कहा कि इस मामले में जारी जांच से सच्चाई सामने आ जाएगी जीएसटी के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे कर प्रणाली आसान हुई है उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने आम आदमी के फायदे के लिए बारह सौ कस्तुओं पर कर की दरे कम की हैं नोटबंदी पर किये गये एक सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि कालेधन की समान्तर अर्थव्यवस्था को समाप्त करने के लिए यह कदम उठाया गया है प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण विषयों पर संसद में सार्थक चर्चाएं करने का आह्वान किया उन्होंने कहा कि हर सदस्य के मन में संसद की गरिमा के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए क्योंकि यह बहस और विमर्श का सर्वोच्च मंच है

इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने खाना पकाने के लिए रसोई गैस के इस्तेमाल के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सराहना की उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना दुनिया में गरीबी उन्मूलन का सबसे बड़ा कार्यक्रम है उपराष्ट्रपति ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि दिसंबर तक एक करोड़ तीन लाख लोगों ने रसोई गैस सक्सिडी छोड़ दी थी जिसने बेहद गरीब वर्ग तक उज्ज्वला योजना का विस्तार करने में मदद की उप राष्ट्रपति ने इस अवसर पर उज्ज्वला योजना पर एक पुस्तक का भी विमोचन किया

अपने फेसबुक पोस्ट पर वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस योजना को एक युगांतरकारी योजना बताते हुए कहा कि औसतन प्रतिदिन पांच हजार दावों का भुगतान दिया जाता है वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना के बारे में जागरूकता बढ़ने के बाद अगले पांच वर्षो में प्रतिवर्ष करीब एक करोड़ परिवारों को निशुल्क इलाज की सुविधा मिलने लगेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले सितम्बर में आयुष्मान भारत यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारम किया था

वहां वह कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे दौरे के दूसरे दिन चार जनवरी को मुख्यमंत्री गोरखपूर के नुमाइश ग्राउण्ड में पेंशन के साथ दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण भी बाटेंगे

गोरखपुर सहित विभिन्न पूर्वी जिलों में आसमान में बादल छाये हये है पिछले चौबीस घटे के दौरान विजनौर जिला प्रदेश का सबसे ठण्डा स्थान रहा जहां न्यूनतम तापमान एक दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया मुजफ्फरनगर में न्यूनतम तापमान दो दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रहा मैसम विभाग ने आने वाले दो तीन दिनों में आसमान में बादल छाये रहने के साथ कोहरा पड़ने का अनुमान जताया है इस बीच कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुये राज्य के विभिन्न जिलों में सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की गयी है बेघर और बेसहारा गरीब लोगों को कम्बल बांटे जा रहे हैं प्रदेश के कई जिलों में कोहरे के कारण परिवहन सेवायें प्रभावित हैं सड़क पर दुर्घटनाओं का सिलसिला भी बढ़ गया है